सदन में विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश खेल विघेयक को वापिस लेने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे

रेडियो स्टेशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की तरफ सोलन के चार युवाओं ने कदम बढ़ाए हैं इन युवाओं ने एक ऐसा रेडियो स्टेशन तैयार किया है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से एंड्रॉयड फोन में रेडियो सुना जा सकता है हिमाचल में ऐसा पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन सोलन में पांच अप्रैल से शुरू होगा सुभाष ठाकुर बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा है कि ज़िले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर सरकार एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगी

जयंती भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आज ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार निर्मल वर्मा की जयंती का आयोजन इस बार शुरू किया जा रहा है

इस बीच हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा लालचंद प्रार्थी की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आज मंडी में आयोजित किया जाएगा सांसद राम स्वरूप शर्मा इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्के बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग ने राज्य के मध्यम व अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात जबकि निचले इलाकों में वर्षा व तेज हवाएं चलने की सम्मावना जताई है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मंत्रिमण्डल के फैसले और इराक के मोसूल में मारे गए चार हिमाचली युवकों के पार्थिव अवशेष प्रदेश पहुंचने से सम्बंधित खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार मानदेय बढ़ा पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर का एक जैसा शीर्षक है एसएमसी शिक्षकों को एक्सटेंशन खेल विधेयक वापिस लेगी सरकार दिव्य हिमाचल के शब्द हैं एसएमसी टीचर्स को डबल राहत एक साल की एक्सटेंशन के साथ मानदेय भी बढ़ा हिमाचल दस्तक के मुताबिक वापस होगा कांग्रेस सरकार का स्पोर्ट्स बिल दैनिक जागरण ने लिखा है मंडी में खुलेगा कलस्टर विश्वविद्यालय हिमाचली युवकों के अवशेष प्रदेश पहुंचने पर पंजाब केसरी की सुर्खी है चार हिमाचलियों में से तीन के टांडा शव गृह में तो एक के नूरपुर शव गृह में रखे अवशेष दैनिक जागरण का शीर्षक है ताबूत में लौटे हिमाचल के चारों लाल अमर उजाला ने लिखा है चार वर्ष बाद इराक से हिमाचल पहुंचे चार युवकों के अवशेष केसीसी बैंक घोटाले की होगी सीबीआई जांच शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है विधायक पठानिया ने विधानसभा में लाया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारत बंद से जुड़ी खबर पर दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है हिमाचल में रहा बंद का मिला जुला असर बाजार बंद सड़कें जाम सीएम जयराम ने शिमला में किया बाइक एम्बुलेंस सेवा का शुभारम्म दैनिक न्याय सेतु की एक खबर है धर्मशाला के डा विक्रम ठाकुर को पदम्श्री शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है मूविज्ञान के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवाजे इसी पत्र की एक अन्य खबर है शिमला में चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट तल्ख मौसम पर आपका फैसला के शब्द हैं प्रदेश में आज बारिश की सम्मावना तेज हवाएं मी चलेंगी एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय क्षेत्रवाद का सियासी निवेश में क्षेत्रवाद की राजनीति के फासले को दूर करने के लिये एक स्वतंत्र पालक या सम्पर्क मंत्री बनाने की सलाह दी है जो अपने गृह क्षेत्र से हटकर अन्य जिलों की विकास योजनाओं पर भी ध्यान दे दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय में लिखा है हिमाचल में पर्यटन कारोबार बढ़ाने के लिये जब तक सरकारी इच्छा शक्ति फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाएगी तब तक इसे पंख नहीं लग पाएंगे शीर्षक है हिमाचल में पर्यटन आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय अनुकरणीय पहल में लिखा है कि जहां प्रदेश में पात्र परिवारों द्वारा बीपीएल में शामिल होने की होड़ लगी है वहीं कांगड़ा की ग्राम पंचायत हार जलाड़ी ने बीपीएल मुक्त पंचायत होने की मिसाल पेश की है